भीलवाडा और सवाईमाधोपुर में भी वर्षा हो रही है सवाईमाधोपुर जिले में भी बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है कुछ स्थानों पर बांध रिसाव की समस्या भी सामने आई है कल अलवर बारा चूरू झुंझुनूं सहित अन्य जिलों में तेज वर्षा हुई बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में मूसलाधार वर्षा हुई जिससे कई स्थानों पर पानी भर गया और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है अलवर जिले कठुमर क्षेत्र के बसेत गांव में बरसात से घर की दीवार गिरने से एक बालिका की मौत हो गई भरतप्र बीकानेर और करौली में बारिश के कारण घरों में पानी भर गया

कल नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र की गलियों और सड़कों का भौतिक निरीक्षण कर इन्हें तुरंत दुरूस्त करें

वे आज खानपुर तहसील के लडानिया गांव में शहीद मुक्ट बिहारी के परिजनों से मुलाकात करेंगी इसके बाद उनका अकलेरा और मनोहरथाना में जन संवाद कार्यक्रम है श्रीमती राजे कल झालरापाटन में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होगी

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कल जयपुर में हई एक बैठक में ये जानकारी दी

आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने श्री गांधी को विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाने के लिए एकसमिति गठित करने का भी अधिकार दिया है पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्यसमितिकी बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कीरणनीति भी तैयार की गई